्म मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढाने की जरूरत बताई

कोरोना वायरस को लेकर हमे बेहद सतर्क रहने की जरूरत है प्रधानमंत्री सार्क सदस्य देशों के नेताओं के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से कोरोना वायरस से निपटने की साझा रणनीति पर चर्चा कर रहे थे उन्होंने कहा कि बड़ी वैश्विक आबादी वाले दक्षिण एशियाई देश पूरी दुनिया के सामने उदाहरण रख सकते है श्री मोदी ने कहा कि हमे कोरोना से निपटने के लिए घबराने की नहीं बल्कि मिलकर उसका मुकाबला करने की जरूरत है विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र संघ ने कोरोना वायरस के संकमण को महामारी घोषित किया है केन्द्र सरकार ने इस वायरस को अधिसूचित आपदा का दर्जा दिया है केन्द्र सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस के फैलाव को देखते हुए पाकिस्तान स्थित करतारपुर साहिब ग्रूट्वारा के लिए तीर्थयात्रा और उसका पंजीकरण आज आधी रात से फिलहाल रोक दिया जायेगा

वहीं नेपाल बंगलादेश और म्यांमा के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर जांच चौकियों से विदेशी यात्रियों के आवागमन पर भी रोक लगा दी है

इन्हें सेना के पृथक निगरानी केन्द्र में रखा गया है रक्षा प्रवक्ता कर्नल संबित घोष ने बताया कि ईरान में कोरोना वायरस की जांच में इन भारतीयों को नेगेटिव पाया गया था

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने और इसका मुकाबला करने के लिए किये जा रहे एहतियाती उपायो के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढाने को कहा है श्री गहलोत ने आज जिला कलेक्टरों के साथ की गई वीडियो कांफ्रेसिंग में यह निर्देश दिए उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय की गाईड लाईन्स के अनुसार काम करने और संदिग्धों की तुरंत जांच करने की व्यवस्था करने को कहा मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी रोकथाम के लिए लोगों में अधिक से अधिक जागरूकता बढानी होगी

बाडमेर का मल्लीनाथ तिलवाडा पशु मेला भी कोरोना संकमण के मद्देनजर स्थगित कर दिया गया है भारतीय रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे यात्रा के दौरान अपने लिए कम्बल घर से लेकर आयें कोरोना वायरस संक्रमण के बारे में किसी भी जानकारी या सहयोग के लिए चौबीसो घंटे चलने वाली हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई है

राज्यपाल लालजी टंडन ने मुख्यमंत्री से सोमवार को विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को कहा है गौरतलब है कि राज्य विधानसभा का बजट सत्र कल से ही शुरू हो रहा है

मध्यप्रदेश में सियासी घमासान पर सभी की निगाहें हैं कांग्रेस और भाजपा कोई भी मौका नहीं खोना चाहती इसलिए दोनों पार्टियों ने अपने अपने विधायकों के लिए व्हिप जारी की है इसके अलावा विधायकों को खरीद फरोख्त से बचाने के लिए भी तमाम कोशिशें की जा रही है अब तक जयपुर में ठहरे कांग्रेसी विधायक भोपाल लौट गये है

मतदान के तुरंत बाद वोटो की गिनर्ती की जा रही है सवाईमाधोपुर भरतपुर बांसवाड़ा जालौर बारां सिरोही बाडमेर जैसलमेर और चुरू जिलों में आज वोट डाले गये इन सभी पंचायतों में कल उप सरपंच का चुनाव करवाया जाएगा

इस वर्ष का विषय है सदैव सक्षम उपभोक्ता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि उपभोक्ताओं के अधिकारों का सम्मान करना और बाजार में उनके शोषण को रोकने पर हमे ध्यान देना होगा साथ ही उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों को लेकर सतर्क रहना चाहिए

पुलिस ने एक ट्रक से इसे बरामद किया जिसे हरियाणा से गुजरात ले जाया जा रहा था

पुलिस ने मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है

शीतला माता के मन्दिरों में सुबह से ही श्रद्वालुओं की भीड उमड रही है

कल शीतलाष्टमी का पर्व मनाया जायेगा सप्तमी और अष्टमी को शीतला माता की पूजा कर ठण्डा भोजन खाया जाता है